प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में मरूस्थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के चौदहवें सम्मेलन सी ओ पी चौदह को सम्बोधित करते हए यह जानकारी दी प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा देश मरूस्थलीकरण की समस्या से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि बंजर भूमि के साथ साथ हमें पानी की कमी की समस्या पर भी ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र भूमि और जल नीति के अन्तर्गत जल आपूर्ति बढ़ाना और जमीन में नमी को रोके रखना जैसे उपाय शामिल हैं अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने प्रस्ताव रखा कि जलवाय परिवर्तन जैव विविधता और भूमि का बंजर होना जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को और बढ़ाने की पहल की जाये उन्होंने संधि में शामिल देशों को नेताओं से वैश्विक जल कार्रवाई एजेंडा बनाने का आग्रह किया ताकि जमीन को बंजर होने से रोका जा सके श्री मोदी ने कहा कि उपग्रह और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के जरिये जमीन को फिर खेती योग्य बनाने के कम लागत वाले कार्यक्रमों में भारत मित्र देशों की सहायता करेगा प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का अपना अनुरोध दोहराते हुए कहा कि प्लास्टिक स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव तो डालता ही है साथ ही जमीन को भी खेती के लायक नहीं रहने देता प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर बूंद से अधिक उत्पादन जैसे प्रयासों की भी चर्चा की और कहा कि देश बिना खर्च वाली प्राकृतिक खेती अपनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है सम्मेलन को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्थायी विकास के प्रति संकल्प दृढ़ है उन्होंने कहा कि भारत पेरिस शिखर सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निमा रहा है और देश में हरित क्षेत्र में पाँच वर्ष के दौरान बहत वृद्वि हुई है भारत में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है

सी ओ पी चौदह सम्मेलन इस महीने की दो तारीख से ग्रेटर नोएडा में चल रहा है इसका आयोजन उन्नीस सौ बान्नबे के रिओ सम्मेलन में व्यक्त चिन्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राल्फ गोंजाल्वेज ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने दो हजार तीस तक बंजर जमीन को खेती योग्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया मरूस्थलीकरण रोकने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि सी ओ पी चौदह के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थिआव ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि सभी देश असमानता और असुरक्षा की भावना छोडकर सहयोग करें तो जीवन के लिए भूमि का स्थायी विकास लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में अपने कार्य से जनता में शासन के प्रति विश्वास जगाया है उन्होंने कहा कि सरकार को देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होता है जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि सरकार दो हजार चौबीस तक हर घर में पीने का पानी पहंचाने के प्रति वचनबद्ध है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केन्द्र सरकार के सौ दिन पूरा होने पर आज प्रयागराज में मीडिया से बातचीत में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं श्री नकवी ने कहा कि ं सरकार आंतरिक मजबृती बढाने पर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार चाहती है कि देश का हर नागरिक खशहाल हो श्री नकवी ने कहा कि भ्र टाचार और आतंकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है उन्होंने मुद्रा योजना और उज्जवला सहित अन्य कई योजनाओं के बारे विस्तार से चर्चा की सांसद मेनका गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के निजाम पट्टी गांव में सखी वन स्टॉप केन्द्र की आधारशिला रखी

श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि हिंसा व उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को यहां हर प्रकार की मदद मुहैया करायी जायेगी उन्होंने कहा कि इस कोन्द्र में पुलिस बल वकील व चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे सांसद ने कहा कि महिलाओं को यहां निशुल्क मदद मिलेगी इस केन्द्र के निर्माण के लिये छः माह की अवधि निर्धारित की गयी है